कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज की स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह जानकारी दी

राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है

मुख्यमंत्री ने आज तपोवन पहंचकर राहत और बचाव कार्यो का जायजा लिया केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी आपदाग्रस्त इलाके में पहंचे और स्थिति का जायजा लिया

इन लोगों को बचाने के लिए सेना आईटीबीपी समेत अन्य एजेंसियों ने पूरी ताकत लगा दी है स्निफर क्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि सरकार लापता लोगों के परिजनों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी इसकी प्रक्रिया तय करने के लिए जल्द ही एक एसओपी जारी की जाएगी सीएम समीक्षा बैठक म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो राहत औक बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी सभी आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध हो मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों आपदा प्रबंधन पुलिस सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की स्थिति की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों का समय समय पर सर्वे कराया जाय राहत सामग्री आपदा के दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे दिनभर जारी रहा

जिलाधिकारी ने बताया कि जब तक यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था या प्ल तैयार नहीं हो जाता तब तक हैलीकॉप्टर से यहां पर रसद पहंचाने का काम जारी रहेगा

ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट सुनिए

अलग अलग स्थानों में तैनात इन टीमों दवारा खोज और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं

उन्होंने बताया कि चमोली जिले में हुई भीषण आपदा के बाद रुद्रप्रयाग में विभिन्न स्थानों में टीम गठित कर राहत और खोज बचाव कार्य के लिए तैनात कर दी गयी है

इस चरण में फ्रंटलाइन वर्करों जैसे पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है

बागेश्वर जिले में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत जिलाधिकारी विनीत कुमार ने खुद को कोविड का टीका लगवाकर किया आज तीन सेशनल साइटों में फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण किया गया

उधर चंपावत जिले में जिला अस्पताल एनएचपीसी आईटीबीपी एसएसबी प्लिस लाइन सहित आठ केंद्र बनाए गए हैं

चम्पावत कोतवाली में पूलिस अधीक्षक चम्पावत लोकेश्वर सिंह ने और आईटीबीपी मुख्यालय लोहाघाट में कमांडेंट बसन्त क्मार ने सबसे पहले टीका लगवाया

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन का पहला टीका डीडीआरएफ के मुंशी चोमवाल को लगाया गया

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बीके श्क्ला ने बताया कि कोविड वैकेसीन पूरी तरह से सुरक्षित है इसलिए जब भी वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थियों को सूचित किया जाए तो वो अपना टीका लगवाने जरूरी आयें

हालांकि पहले दिन छात्र संख्या कम रही

जिले के मुख्य शिक्षाधिकारी आर सी प्रोहित ने बताया कि सभी स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग मास्क और सैनेटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर स्कूलों को संचालित किया जाए और जरूरत पड़ने पर अलग अलग पालियो की व्यवस्था की जाए सैटेलाइट तस्वीर चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर ट्रटने की घटना के इसरो ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है इस तस्वीरों से यह साफ हआ है कि बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खिसकरने से यह आपदा आयी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह जानकारी दी

मौसम ख्लने पर बर्फ का एक प्रा हिस्सा नीचे खिसक गया जो सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है इसरो को यह तस्वीरें अमेरिकन प्राइवेट सेटेलाइट कंपनी ने दी हैं जिसका सैटेलाइट आपदा वाले क्षेत्र के ऊपर से ग्जर रहा था ग्लेशियर की निगरानी राज्य में ग्लेशियरों से होने वाली संभावित आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने गोमुख क्षेत्र के अंतर्गत गंगोत्री ग्लेशियर की निगरानी के लिए वाडिया हिमालय भ् विज्ञान संस्थान को बजट आवंटित करने पर सहमति दी है सरकार ने वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के निदेशक से सर्दियों के मौसम में गंगोत्री ग्लेशियर क्षेत्र में किसी भूस्खलन या कृत्रिम झील के निर्माण के निरीक्षण के लिए एक टीम भेजने का अनुरोध किया था